प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास संभव है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध पर नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में श्री मोदी ने कहा बाइट हमारी संस्कृति में हमेशा माना गया है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी विकास हो सकता है इसका जीवंत उदाहरण अब केवडिया में देखने को मिल रहा है एक तरफ सरदार सरोवर बांध है बिजली उत्पादन के यंत्र है तो एकता नर्सरी बटरफलाई गार्डन ईको टूरिज्म इससे जुड़ी बहुत ही सुदंर व्यवस्थाएं हैं

बाइट सरदार पटेल ने जो सपना देखा था वो दशकों बाद पूरा हो रहा है और वो भी सरदार साहब की भव्य प्रतिमा के उन आंखों के सामने हो रहा है हमने पहली बार सरदार सरोवर बांध को पूरा भरा हुआ देखा है

प्रधानमंत्री नर्मदा जिले में केवडिया स्थित बांध स्थल पर पहुंचे और सरदार सरोवर बांध परियोजना के विभिन्न स्थानों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गए श्री मोदी ने जंगल सफारी इको टूरिज्म कैक्टस गार्डन एकता नर्सरी पश्चिम भारत के पहले नदी राफ्टिंग प्वाइंट न्यूट्रिशन पार्क मिरर मेज और बटर फलाई पार्क का भी दौरा किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्रियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं खिलाडियों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख व्यक्तियों के अलावा आम जनता ने उन्हें बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य खुशहाली और राष्ट्र सेवा के लिए शुभकामनाएं दी हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि श्री मोदी के शानदार नेतृत्व में लोगों ने नये भारत के रचनात्मक आंदोलन को स्वीकार किया है गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि एक सुधारक के रूप में श्री मोदी ने न केवल राजनीति को नई दिशा दी बल्कि हम सभी को दशकों से लंबित समस्याओं का स्थाई समाधान दिलाकर गौरवान्वित किया

एक ट्वीट में उन्होंने श्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्नता की कामना की पदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी है इस अवसर पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत श्री मोदी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर आधारित प्रदर्शनी प्रचार साहित्य का वितरण स्वच्छता और सफाई तथा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यकमों का आयोजन किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया ह कि इस उपलक्ष्य में राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है बाइट प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई मदरसों सहित विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाये गये हैं और भाजपा कार्यकर्ता सफाई कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं राज्य सरकार में मंत्री आश्रतोष टंडन ने शहर के पांडेयपूर इलाके में प्रधानमंत्री की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी और ईएसआई अस्पताल में विशाल रक्तदान महाकुंभ का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया तमाम केन्द्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री चिकित्सा शिविरों स्वच्छता अभियान कार्यक्रमों और दूसरे सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सम्मानित करेगा

प्रधानमंत्री नरन्द्र मोदी ने अमरीका के ह्यूस्टन में रविवार को हाउडी मोदी कार्यक्रम में अपने संबोधन के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं

श्री मोदी ने ह्यूस्टन में भारतीय समुदाय के इस आयोजन में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के भी शामिल होने को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की है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

प्रदेश की गंगा यमुना सहित कई प्रमुख नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं जिससे बाढ़ क हालात पैदा हो गये हैं केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी गाजीपुर और बलिया में खतरे के निशान से उपर है और इसमें लगातार बढ़ोत्तरी जारी है वहीं यह प्रयागराज मिर्जापुर और वाराणसी में खतरे के निशान से नीचे बढ़ाव पर है बाढ़ का पानी कई जगह फसलों को जलमग्न करता हुआ आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर गया है जिला प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिये हैं वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत शिविरों में विस्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं प्रदेश के पर्यटन संस्कृति और प्रोटोकाल राज्यमंत्री नीलकंठ तिवारी ने कल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण यहां घाटों में पानी भर गया है और लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यमुना नदी कालपी औरैया बांदा और नैनी प्रयागराज में खतरे के निशान से ऊपर बढ़ाव पर है हमीरपुर में यमुना और बेतवा का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया है नदियों के लगातार जलस्तर में बढ़ोत्तरी के कारण जिलाधिकारी ने नदियों पर बने पुलों से भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को चौकसी बरतने के निर्देश दिये हैं उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मौजूद बंधों का निरीक्षण करते हुए लगातार निगरानी के आदेश दिये हैं मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ चौकियों को कार्यशील करने के साथ किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारियां रखने के निर्देश दिये हैं प्रदेश में भगवान विश्वकर्मा की जयंती आज पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ सनायी जा रही है प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित सहित अनेक लोगों ने इस अवसर पर अपनी शुभ कामनाएं दी हैं लखनऊ में लोक निमाण विभाग विद्यूत विभाग दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी सहित अनेक कार्यालयों में इस अवसर पर हवन पूजन कर प्रसाद वितरित किया गया हमीरपुर जनपद में इस अवसर पर अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा ने भव्य शोभा यात्रा निकाली

लखनऊ में एक्सपो कार्य स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि निर्धारित तारीख तक आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली जायें उन्होंने कहा कि डिफेंस एक्सपो में बड़े पैमाने पर आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि मंडल निवेशक उत्पादक और एक्जीवेटर्स के लिये बेहतर यातायात और सुरक्षा व्यवस्थायें सुनिश्चित कराई जायें उन्होंने कहा कि आयोजन के दौरान प्रतिदिन दो से तीन लाख आगुंतकों के भाग लेने की संभावना है जिसके दृष्टिगत उनके ठहरने की व्यवस्थाएं पहले से ही पूरी कर ली जायें